सम्मेलन केन्द्रीय ऊर्जा नवीन व नवीकरणीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर के सिंह ने सभी राज्यों से कहा है कि वे इस साल के अंत तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग करें आज शिमला में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बिजली और अक्षय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र ने विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत धन आवंटित किया है उन्होंने राज्य सरकारों से इस धनराशि का उपयोग करके इस साल के अंत तक हर घर में बिजली पहुंचाने का आग्रह किया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विद्युत क्षेत्र में आवश्यक सुधार करेगी ताकि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में बिजली कनैक्शन दिए जा सकें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रदेश को हर संभव सहायता देने की बात कही

उन्होंने कहा कि भांखडा और पौंग बांध जैसी प्रमुख परियोजनओं से मिलने वाले वैध हिस्से से भी हिमाचल वंचित रहा है जबकि परियोजनाओं से कई लोग विस्थापित हुए हैं जो अब तक पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने सभी जलविद्यूत परियोजनाओं को अक्ष्य उर्जा के अधीन लाने और सौर ऊर्जा की तरह जलविद्युत को भी व्हीलिंग चार्जिज से मुक्त कराने का केंद्रीय उर्जा मंत्री से आग्रह किया राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने केंद्र से आईपीडीएस और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने का आग्रह भी किया सम्मेलन में हिमाचल के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के अलावा हरियाणा अरूणाचल झारखण्ड केरल उडीसा पश्चिम बंगाल और दिल्ली के ऊर्जा मंत्रियों ने हिस्सा लिया उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों को सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों व उपलब्धियों बारे जानकारी दी विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार साधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है

उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए अनेक नई योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए हैं इस मौके सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम में जुटी है उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को कई विकास योजनाएं स्वीकृत की है जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है

शाहपुर में उनसे मिलने आए विभिन्न गांवों के लोगों की जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी सरवीण चौधरी ने विकास के नाम पर राजनीति करने वालों से लोगों को सचेत रहने का आग्रह करते हुए विकास कार्यों में किसी भी समस्या को लेकर उनसे सीधे संपर्क करने को कहा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि आलंकरण समारोह और छात्र परिषद का गठन विद्यार्थियों में सहभागिता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करता है शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में आयोजित पदारोहरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से विद्यालय के तहत विभिन्न कार्य के प्रति छात्रों और शिक्षकों का दायित्व सुनिश्चित होता है शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा का अर्थ देश को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए उन्होंने अध्यापकों को समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य निष्पादन करने की जरूरत बताई इस बीच सुरेश भारद्वाज ने भारी वर्षा से संजौली नगर के ईंजर घर की बंगाला कलौनी में हुए नुकसान का आज जायजा लिया उन्होंने पांच प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता राशि के रूप में पांच पांच हजार रूपए देने की घोषणा की

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सुल्ह निर्वाचन क्षेत्र के भवारना और चौकी गांव में जनसमस्याएं सुनने के बाद बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस पर्यटन अधोसंरचना को स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि इसके तहत ग्रामीण साहसिक व ईको पर्यटन के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने और पर्यटन विविधिकरण पर बल दिया जाएगा उच्चतम न्यायालय पुलिस सुधार उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि किसी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त न किया जाये न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों से पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केन्द्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजने का भी निर्देश दिया है पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ भी शामिल हैं पीठ ने कहा कि नाम मिलने पर यूपीएससी तीन सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारियों के नाम चुनकर राज्यों को भेजेगी जो इनमें किसी एक को पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकेगा

प्रतिनिधिमण्डल शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक नरेन्द्र बरागटा के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से मुलाकात की इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के एक समान विकास की तरफ ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने छः माह के कार्यकाल में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और केंद्र से करोड़ों रूपए की योजनाएं स्वीकृत कराने में सफलता हासिल की है नरेन्द्र बरागटा ने पिछले पांच वर्षो में विकास के मामले में क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अब विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया इस बीच थ्रलम मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी कृषि मंत्री रामलाल मार्कण्डा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की सिमकार्ड बीएसएनएल ने योग गुरू बाबा रामदेव के साथ मिलकर स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड जारी किया है आज शिमला में एक प्रैस वार्ता में निगम के प्रदेश परिमंडल मुख्य महाप्रबंधक यूएसपांडेय ने बताया कि ये सिम कार्ड तीन दरों पर उपलब्ध होगा उन्होंने बताया कि पतंजलि प्लान बीएसएनएल के सर्वोतम प्लान में से एक है और निगम के पांच लाख कांउटरों पर ये सिम कार्ड उपलब्ध होगा पतंजलि के प्रदेश प्रमुख लक्ष्मीदत्त ने बताया कि शुरू में ये सिम कार्ड केवल पतंजलि के कर्मचारी व पदाधिकारी ही ले सकेंगे उन्होंने बताया कि स्वदेशी सिम कार्ड पर पांच लाख रूपए का जीवन बीमा दिया गया है इसके अलावा अढ़ाई लाख रूपए का दुर्घटना बीमा जिसमें सड़क दुर्घटना भी शामिल है का लाभ उपभोक्ता को दिया गया है

मण्डी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि रैसलिंग का ये शो ओलंपिक खेलों की सूची में नहीं आता है इसलिए सरकार ने खली को पहले ही वित्तीय मदद देने से इनकार कर दिया था गोबिंद ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा प्रशासन से लेकर अन्य विभागों को आयोजन से संबंधित हर संभव सहयोग देने को कहा गया है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल की प्रतिभाओं को रोकने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि यहां की प्रतिभाएं दूसरे राज्यों की शान बन रही है गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा कि द ग्रेट खली के शो को देखने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सहित अन्य मंत्री यहां पहुंचेंगे मौसम प्रदेश में मॉनसून के सकिय होने से अधिकांश इलाकों में जोरदार वर्षा का दौर जारी है इससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सैल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में इस बार सामान्य से अधिक वर्षा और ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है केलंग से हमारे प्रतिनिधि में बताया कि अधिक वर्षा से भू स्खलन व जगह जगह पानी बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मनाली लेह मार्ग बार बार अवरूद्व होने से सीमा सड़क संगठन की मुश्किलें बढ़ गई हैं किन्नौर जिले में बाद दोपहर से बारिश हो रही है राजधानी शिमला व आस पास के इलाकों में आज सुबह मूसलाधार वर्षा हुई

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज चौहान ने कहा है कि युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्किल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है चंबा जिला के सुलतानपुर में प्रदेश कौशल भत्ता योजना के तहत खोले गए ब्यूटिशियन कटिंग टेलरिंग व कम्प्यूटर अकादमी के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही हंसराज ने कहा कि ऐसी योजनाओं से जुड़ कर शिक्षित युवा रोजगार सृजित कर सकते हैं

बाली कांग्रेस नेता जीएसबाली ने कहा है कि कांगड़ा व चंबा जिलों के साथ भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में बाली ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था ठप्प हो गई हैं